हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत और पानीपत जिलों में जहरीली त्रासदी के पीड़ित परिवारों को दो दो लाख रूपए की सरकारी सहायता देने की घोशणा की हरियाणा सरकार ने राज्य में पटाखों की बिकी और पटाखे चलाने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के युवाओं को नवाचार लाने का आहवान कियाहै और उनके कारोबार आसान बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है श्री मोदी ने युवाओं को अपने नवाचार के माध्यम से लोगों का जीवन सरल बनाने के लिए कहा है

उन्होंने जोर देकर कहा कि आत्मनिर्भरता वैश्वीकरण के साथ उतनी ही महत्वपूर्ण है

श्री मोदी ने कहाकि यह पहली बार हुआ है कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और नये स्टार्ट अप शुरू करने के लिए बहत सी नयी संभावनाएं पैदा हई हैं उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में भी निवेश के कई मौके पैदाहए हैं उन्होंने यह भी कहा कि बीपीओ क्षेत्र में कारोबार को सुगम बनाने के लिए बडी पहल की गई है श्री मोदी ने कहा कि अब युवाओं को गुणवत्ता विस्तार की संभावना विश्वसनीयता और अनुकूलता का नया मंत्र अपनाना होगा

चण्डीगढ़ से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि यह राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जायेगी उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस ने गिरफतारी की हैऔर आगे जांच की जा रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शराब की अवैध बिक्री करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी

बिजली मंत्री ऑज सिरसा के रानियां में विकास कार्यों को लेकर जिला उपायुक्त व अन्य अधिकारियों की बैठक में संबोधित कर रहे थे

इस योजना के तहत गांव दारिया बुखाराखेड़ा में एक नया वाटर वर्कस बनाया जाएगा

उन्होंने कहा कि दीपावली पर्व के बाद रानियां हलके के गांवों के विकास के लिए पंचायतों को राशि जारी की जाएगी

याद रखें मास्का और दो गज की दूरी बार बार हाथ धोना भी है जरूरी के मौसम में खुद सचेत रहे और दूसरों को भी सचेत करें

यह आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी हैं

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि यह निर्णय विस्तृत चर्चा के बाद लिया गया है और इस संबंध में नोटिस भी जारी किया जायेगा उधर यमुनानगर में प्रशासन की ओर से जिले में पटाखे के गोदामों का निरीक्षण कर जांच की गई जगाधरी के एसडीएम दर्शन सिंह ने बताया कि गोदाम संचालकों को प्रदेश सरकार द्वारा पटाखों पर लगायी गई पाबंदी के आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिये गए हैं

हरियाणा में आज कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इस दौरान लोगो को कैंसर के लक्षणों और इससे बचाव संबंधी जानकारी दी गई अंबाला से हमारे संवाददाता ने बताया कि अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया इस दौरान लोगों को बताया गया कि अगर समय रहते जांच करवाई जाये तो कैंसर का इलाज संभव है इसी तरह सिरसा के नागरिक अस्पताल में भी एक कार्यकम का आयोजन किया गया इस मौके पर कैंसर के मरीजों की जांच की गई

इसके बाद हथीन क्षेत्र में अन्य सड़कों का निर्माण कार्य भी जल्द शुरू कर दिया जायेगा मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद पलवल के राजकीय प्राथमिक विद्यालय को राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय बनाया गया है

पकड़े गए युवक की पहचान बस्ती जाखल निवासी संजू के रूप में हुई है पुलिस ने इसके खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया जहां से उसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है